श्रावण मास के तीसरे सोमवार को शिवालयों में जलामिषेक के लिए श्रद्दालुओं और कॉवड़ियों की लगी है भारी भीड

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से नकारात्मकता छोड़कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है ताकि उन लोगों का विश्वास भी जीता जा सके जिन्होंने पार्टी को बोट नहीं दिया उन्होंने कहा कि देश और देश हित सर्वोपरि है कल नई दिल्ली में भाजपा सांसदों की दो दिवसीय कार्यशाला के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सांसदों से ऐसी राजनीति करने का अनुरोध किया जिससे आम लोगों का कल्याण हो सके संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से यह भी कहा कि वे ऐसा व्यवहार रखें जो सबका दिल जीत सके उन्होंने टीम सपीरिट के बारे में कहा है टीम सपीरिट के साथ कैसे चलना और राजनीति में नेगेटिविटी थिंकिंग यह नहीं रहना चाहिए पॉजिटिविट लेकर रहना चाहिए आज जो कोई हमको हमारा साथ दिया या नहीं दिया आगे में हमारे कार्य से हमारे बिहेवियर से नजदीक आना चाहिए पार्टी ने अपने सांसदों से कहा है कि वे सरकार की विमिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाने के लिए अपने संसदीय क्षेत्रों में पदयात्राएं करें उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के सड़क दुर्घटना मामले में सीबीआई की टीम ने कल प्रदेश में विमिन्न स्थानों पर छापेमारी की सीबीआई की एक टीम ने कल दोबारा सीतापूर जेल में बन्द मामले के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर से घटना के बारे में गहरी पूछताछ की

और विवरण हमारे संवाददाता से सीबीआई ने सीतापूर जेल में बंद पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के ठिकानों सहित कई जगहों पर छापे मारे की सीबीआई की तफ्तीश के तहत ये छापे लखनऊ उन्नाव बांदा और हमीरपुर में कुछ जगहों पर मारे गये सीबीआई की एक टीम ने सीतापुर जेल पहुंचकर जेल अधिकारियों और कुलदीप सिंह सेंगर से पूछताछ भी की सीवीआई इस बात की जांच कर रही है कि क्या दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुए हादसे के पीछे कोई साजिश थी पीड़िता अभी भी गंगीर हालत में लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ पिछले महीने अट्ठाईस जुलाई को रायबरेली में दुष्कर्म पीड़िता की कार को एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिसमें पीड़िता और उसके वकील गंभीर रूप से घायल हो गये थे और उसकी चाची तथा मौसी की मौत हो गई थी लखनऊ के के जे एम यू के ट्रामा सेंटर में ज़िदगी की जंग लड़ रही उन्नाव दुष्कर्म पीड़िया की हालत अभी भी नाज़ुक बनी हुयी है वहीं घायल वकील की हालत में कुछ सुधार बताया गया है

इसके साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश भी दिये गये हैं मुख्यमंत्री ने यह कार्रवाई अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की रिपोर्ट के आधार पर की है मुख्यमंत्री ने एस रामलिंगम को सोनभद्र का नया जिलाधिकारी और प्रभाकर चौधरी को नया पुलिस अधीक्षक बनाया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम अपने आवास पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी नये जिलाधिकारी एस रामलिंगम और पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी ने हेलीकॉप्टर से सोनभद्र पहंचकर अपना पद भार ग्रहण कर लिया है गौरतलब है कि सोनभद्र जिले के घोरावल तहसील के उम्मा गांव में गत सत्रह जुलाई को जमीन विवाद में दस लोगों की हत्या और अट्ठाईस लोगों के घायल होने के बाद मामले की जांच के लिए अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था समिति ने अपनी रिपोर्ट शनिवार को मुख्यमंत्री को साँपी थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान टू से ली गयी पृथ्वी की पहली तस्वीरें जारी की हैं यह तस्वीरें पृथ्वी के विविध रंगों को दर्शाती है हमारे संवाददाता ने इसरो के हवाले से बताया है कि चंद्रयान टू ने ये तस्वीरें अपने एलआई फोर कैमरे से ली हैं ओडिशा में चांदीपुर परीक्षण केन्द्र से कल सुबह जमीन से हवा में तेजी से मार करने वाली क्विक रिएक्शन सैम मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया इस वर्ष चांदीपुर से इस मिसाइल का यह दूसरा परीक्षण था मिसाइल अपने मार्ग में आने वाली चीजों का पता लगाने में भी सक्षम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए निरन्तर कार्य कर रही है कल लखनऊ में आयोजित भाजपा के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ई रिक्शा चालकों को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए यह बात कही ई रिक्शा चालकों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए पेंशन योजना ला रही है यह योजना वृद्वावस्था में लोगों के लिए सहारे के रूप में कार्य करेगी ई रिक्शा चालकों को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ई रिक्शा पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी साधन है और भविष्य में यह बहुत उपयोगी साबित होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महीने के अन्तिम सप्ताह में कन्या सुमंगला योजना का शुभारम्भ करेंगे प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से यह जानकारी देते हुए मुख्य सचिव डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय ने इसके लिए सभी ज़रूरी तैयारियां समय से पूरे करने के निर्देश दिये हैं कन्या सुमंगला योजना में बालिका के जन्म होने पर दो हजार रूपये की धनराशि बालिका के एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के बाद एक हजार रूपये की धनराशि कक्षा प्रथम तथा कक्षा छ में दाखिला लेने के बाद दो दो हजार रूपये की धनराशि दी जायेगी इसी तरह बालिका के कक्षा नौ में प्रवेश लेने पर तीन हजार रूपये की एक मुश्त धनराशि मिलेगी वहीं स्नातक डिग्री या कम से कम दो वर्षीया डिप्लोमा पाढ़यक्रम करने पर उन्हें पांच हजार रूपये की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय तीन लाख रूपये से अधिक नही होनी चाहिए

श्रद्वाल्ओं की भारी भीड़ के मददेनजर प्रदेश में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किये गये हैं वाराणसी में श्रद्वाल् और कॉवरिये सुबह से ही देवाधिदेव भगवान महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं प्रशासन द्वारा सुरक्षा के चाक चौबन्द व्यवस्था की गयी है गाजीपुर जिले के कैथी स्थित मारकण्डेय महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्वालुओं द्वारा भगवान शिव का जलामिषेक किया जा रहा है अयोध्या में श्रावण मास के तीसने सोमवार पर श्रद्वालु नागेश्वरनाथ क्षीरेश्वरनाथ शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलामिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं चित्रकूट में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है और वहां के शिवमंदिरों में भक्तजन भगवान शिव की अराधना और जलाभिषेक ब्रन्हमुहूर्त से ही कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न शिवमंदिरों में भक्तों और कांवड़ियों द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक किया जा रहा है देवरिया जिले के रूद्रपुर स्थित भगवान दुष्पेश्वरनाथ मंदिर संत कबीर नगर जिले के तामेश्वरनाथ मंदिर गोरखपुर जिले के भरोहिया स्थित शिवमंदिर झारखण्डी महादेव मंदिर और बाबा मुंजेश्वरनाथ मंदिर में ब्रम्हमुहूर्त से ही जलाभिषेक के लिए श्रद्वांलुओं का तांता लगा हुआ है आज ही नागपंचमी का पर्व प्रदेश भर में परम्परागत ढंग से धूम्बाम से मनाया जा रहा है लोग नाग देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं सोमवार को नागपंचमी पर्व होने से इसका महत्व और बढ़ गया है विभिन्न स्थानों पर विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नागपंचमी मेलों के आयोजन किए जा रहे हैं कई स्थानों पर कुश्ती तथा ग्रामीण खेलकूद की अन्य प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जा रहे हैं

आर एस एस के वरिष्ठ प्रचारक ओम प्रकाश का कल लखनऊ में निधन हो गया था राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने उनके निधन पर गहरा दुःख प्रकट करते हुए परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना वयक्त की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि ओमप्रकाश जी ने अपना सम्पूर्ण जीवन संगठन एवं समाज के कल्याण में समर्पित कर दिया प्रदेश भजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने आर एस एस के वरिष्ठ प्रचारक ओम प्रकाश जी के निधन की खबर को अत्यन्त दुःखद बताया उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए ओमप्रकाश जी अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अन्तिम सांस तक लोगों की सेवा में जुटे रहे